केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने आज से निजी एफएम चैनलों पर आकाशवाणी समाचारों के प्रसारण का शुभारम्भ किया मुख्यमंत्री ने कहा कृछ सड़क परियोजनाएं केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को देने पर विचार करेगी राज्य सरकार और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की दो दिवसीय हड़ताल के आहवान पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर निकाली गई रैलियां

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया

प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी से निपटने के लिए साक्षात्कार के माध्यम से अनुबंध आधार पर एमबीबीएस डॉक्टरों के दो सौ पदों को भरने पर भी मंत्रिमंडल ने मुहर लगाई

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में अलग अलग श्रेणियों के पद भरने को भी स्वीकृति दी एफएम चैनल केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा है कि आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों को निजी एफएम चैनलों के साथ साझा किया जाना देश के नागरिकों को सूचना के माध्यम से सशक्त बनने की दिशा में एक शानदार पहल है आज नई दिल्ली में आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों को एफ एम चैनलों से साझा करने के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने ये बात कही राज्यवर्धन राठौड़ ने निजी एफएम चैनलों का आकाशवाणी के साथ सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय समाचारों के प्रसारण के लिए भी स्थानीय चैनलों के साथ इसी तरह के सहयोग की संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है इस अवसर पर प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश ने इस शुरूआत को निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रसारकों के लिए एक शानदार अवसर बताया आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक ईरा जोशी ने कहा कि इससे निजी चैनलों द्वारा समाचारों के प्रसारण की एक पुरानी मांग पूरी हो गई है प्राइवेट रेडियो एफएम चौनल्स को आकाशवाणी समाचार साझा करने के लिए दिया जाएगा

मंत्रालय ने निर्णय किया प्राइवेट रेडियो एफएम चौनल्स के प्रमीशन होल्डर्स को एआईआर की न्यूज बुलेटिन साझा करने की इजाजत होगी इस अवसर पर सुचना और प्रसारण सचिव अमित खरे और प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति भी मौजूद रहे

इसके अंतर्गत निजी प्रसारकों को हिन्दी और अंग्रेजी बुलेटिनों का ज्यों का त्यों प्रसारण करने की अनुमति होगी गोबिंद ठाक्र भार की क्षमता को लेकर अल्ट्राटेक सीमेंट उद्योग और ट्रक ऑपरेटरों के बीच चल रहा गतिरोध आज समाप्त हो गया है

एक प्रैस ब्यान में उन्होंने कहा है कि इस वर्ष पहली जनवरी तक सामाजिक सुरक्षा से संबंधित सभी पैंशन मामलों को स्वीकृति दे दी गई है राजीव बिंदल ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग और प्रदेश सरकार के प्रयासों से सभी पात्र लोगों को आजीवन सामाजिक पैंशन देना सुनिश्चित हुआ है

मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज शिमला में उनसे मिलने आए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ भेंट के दौरान ये बात कही जयराम ठाक्र ने कहा कि मौजूदा समय में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग आईआईएम सिरमौर आई आई टी मंडी और तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर जैसी महत्वकांक्षी परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है मुख्यमंत्री ने प्रदेश में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के और क्षेत्रीय कार्यालय खोलने पर बल दिया ताकि निर्माणाधीन परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाई जा सके विभाग के महानिदेशक प्रभाकर सिंह ने राज्य में निर्माणाधीन परियोजनाओं को तय समय में पूरा करने के अलावा इनमें गुणवत्ता को बनाए रखने का मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया इस बीच मुख्यमंत्री ने आज शिमला में प्रदेश आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति बोर्ड की वैबसाईट को लांच किया जयराम ठाकुर ने कहा कि इससे डॉक्टरों व अन्य कर्मचारियों को सुविधा होगी और अब वे ऑनलाईन पंजीकरण करवा सकेंगे इस मौके स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार भी मौजूद रहे हड़ताल केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की दो दिवसीय हड़ताल के देशव्यापी आहवान पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर रैलियां निकाली गई सोलन में एटक के राज्य अध्यक्ष जगदीश भारद्वाज के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा

रिकांगपिओ में सीटू के तत्वाधान में सैंकड़ों मजदूरों ने रैली का आयोजन किया सीटू के प्रदेश अध्यक्ष जगतराम ने रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मजदूरों के हित के बजाय पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने में लगी है इधर शिमला में श्रमिक संगठन सीटू से संबंधित विभिन्न यूनियनों के कार्यकर्ताओं ने सचिवालय का घेराव किया इस बीच केंद्रीय कर्मचारियों ने शिमला के एजी चौक पर प्रदर्शन कर सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों की आलोचना की केंद्रीय कर्मचारी व श्रमिक समन्वय समिति के महासचिव हरीश जुल्का ने लंबित मांगों को जल्द पूरी करने की सरकार से मांग की हिमाचल प्रदेश बैंक कर्मचारी संघ के महासचिव प्रेम वर्मा ने बताया कि दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल में बैंकिंग सैक्टर की कई यूनियने हिस्सा ले रही हैं बिजली बोर्ड दूसरी ओर राष्ट्रीय बिजली कर्मचारी व अभियंताओं की समन्वय समिति के आहवान पर राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन द्वारा आज प्रदेशभर में बोर्ड के मंडल व वृत स्तर पर धरना प्रदर्शन कर रैलियों का आयोजन किया गया

यूनियन के प्रदेश महासचिव हीरा लाल वर्मा ने शिमला स्थित बिजली बोर्ड के मुख्यालय के बाहर आयोजित रैली को संबोधित किया उन्होंने कहा कि इस संशोधन कानून के प्रभाव में आने से बोर्ड विघटित हो जाएगा जिससे सभी कार्यों को अलग अलग करने के अलावा वितरण के कार्य को छोटी छोटी कंपनियों में बांटा जाना तय है बिजली समस्या चंबा ज़िले की कई पंचायतों में बिजली की आंख मिचौली से लोग परेशान हैं किलोड वार्ड के ज़िला परिषद सदस्य ललित ठाक्र ने बताया कि राड़ी लोथल सुनारा लेच गहरा क्नैड और किलोड पंचायतों में लम्बे समय से बार बार बिजली के आने जाने से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन्होंने कहा कि समस्या के स्थाई समाधान को लेकर विभाग से कई बार गुहार लगाई गई मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई लोगों ने समस्या के जल्द समाधान का विभाग से आग्रह किया है

पहली उड़ान भुंतर तांदी डाईट भुंतर दूसरी उड़ान भुंतर किलाड़ चंबा किलाड़ उदयपुर भुंतर के बीच होगी ये उड़ाने मौसम पर निर्भर करेंगी

ये भेडे कांगड़ा ज़िला के धर्मशाला निवासी सोमदत्त की बताई जा रही है मौसम प्रदेश के जनजातीय इलाकों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रूक रूक कर हिमपात हो रहा है जबकि अन्य भागों में बादल छाए रहने से कड़ाके की ठण्ड का प्रकोप बना हुआ है

इससे प्राकृतिक जल स्रोत जमने लगे हैं और लोगों को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है चंबा से हमारे प्रतिनिधि के मुताबिक पर्वतीय इलाकों में रूक रूक कर हिमपात हो रहा है किन्नौर ज़िले के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का समाचार है

विभाग ने ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है